मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायत प्रधानों से होम क्वारंटीन और सोशल डिस्टैंसिंग के मापदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने का आहवान किया है आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिराज क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से भी लोगों को जागरूक करने पर बल दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत प्रधान ये भी सुनिश्चित करें कि ये लड़ाई कोरोना महामारी के खिलाफ है न कि उन लोगों के जो इस बीमारी से ग्रसित हैं उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत सभी कार्यों को सुविधाजनक और तेजी से पूरा किया जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने बताया कि सरकार कृषि उत्पादों को बाज़ार तक पहुंचाने के लिए परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित बना रही है

उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा सामग्री प्रदेश के कोरोना योद्वाओं को आबंटित की जाएगी अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना संकट से जूझ रही है और हर कोई अपने अपने स्तर पर एक दूसरे की मदद के लिए प्रयासरत्त है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संकट की इस घड़ी में सबको एक समान मानते हुए आपदा से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए हैं अनुराग ठाकुर ने कहा कि सामाजिक दूरी का पालन और मास्क को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर ही हम कोरोना के खिलाफ इस जंग में योगदान दे सकते हैं

मंगलवार को सरकाघाट क्षेत्र के एक यूवक की कोरोना से मौत के बाद उसकी माता में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हई है शिमला स्थित आईजीएमसी में महिला की टैस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने का खुलासा हुआ है अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आरडी धीमान ने मामले की जानकारी दी है

पंचायत प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जिला प्रशासन और आम लोगों के सहयोग से इस महामारी को सफलतापूर्वक हराया जाएगा सैजल ने कहा कि कोरोना जैसे संक्रामक रोगों से बचाव के लिए दिनचर्या में कुछ बदलाव के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करना भी ज़रूरी है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज ऊना में अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की उन्होंने कहा कि रैडज़ोन से ऊना ज़िले में आने वाले लोगों के टैस्ट करने के लिए ईएसआईसी अस्पताल मैहतपुर में व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि टैस्ट की रिपोर्ट नैगेटिव आने के बाद ही लोगों को घर भेजा जाएगा और इसके बाद उन्हें होम क्वारंटीन में रहना होगा इस दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि जिला प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए अब तक बेहतर ढंग से कार्य किया है सम्मान कोरोना संक्रमण के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले कोरोना योद्वाओं को विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चम्बा में सम्मानित किया इस अवसर पर हंसराज ने बताया कि कोरोना योद्वाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार प्रयासरत्त है और इस दिशा में कई कदम उठाए जा रहे हैं

इस वर्ष मार्च में केन्द्र सरकार द्वारा घोषित इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं गरीब वरिष्ठ नागरिकों और किसानों को खाद्यान्न और नकद राशि दी जा रही है केंद्र और राज्य सरकारें लगातार इस कार्यक्रम की निगरानी कर रहे हैं मांग इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केन्द्र सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शर्तो में छूट की मांग की है

उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान करने से प्रदेश के अधिकांश लोग लाभान्वित होंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना में संगठित क्षेत्र में कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों की सहायता का प्रावधान किया गया है

किताबें शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि लॉकडाउन के बीच शिक्षण संस्थान बंद रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है एक बयान में उन्होंने कहा कि इस परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं के साथ साथ बच्चों को घर घर किताबें पहुंचाई हैं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम की केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने भी सराहना की है बिक्रम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से लोगों को प्रधानमंत्री आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करने को कहा है उन्होंने लोगों को भी मास्क या फेस कवर के बिना घर से न निकलने की सलाह दी है

उन्होंने कहा कि जुरूरतमंदों की मदद के लिए सरकार बेहतरीन तरीके से कार्य कर रही है धुमल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए कार्यकर्ताओं को बाहर से आए लोगों पर निगरानी रखने के लिए सक्रिय रहने की ज़रूरत है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी का संक्रमण ज़्यादा न फैले इसके लिए राज्य सरकार ने अच्छा कार्य किया है कांग्रेस कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल ने प्रदेश से श्रमिकों और मजदूरो के पलायन पर चिंता जताई है उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया और कहा कि प्रदेश में आने वाला समय काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है पार्टी सहप्रभारी गुरकीरत सिंह और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी अपने विचार रखे कार्य समिति के सदस्यों ने समस्या को देखते हुए लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार से आर्थिक पैकेज की घोषणा की भी मांग की है भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने राजधानी शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निवास हॉलीलॉज के समीप बीती रात ढारों में लगी आग प्रभावित परिवारों का आज हालचाल जाना उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता मुहैया करवाने के निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कुशलक्षेम भी पूछा

उन्होंने कहा कि निगम के कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए मुख्यमंत्री हमेशा से ही संवेदनशील हैं

दूसरी ओर ऊना ज़िला के गगरेट में रह रहे एक युवक के जम्मू लौटने के पश्चात कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद गगरेट अप्पर पंचायत का एक वार्ड कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है